राज्यपाल राम नाईक ने की कहा संसद में महिलाओं को आरक्षण महिला सश्वक्तिकरण की दिशा में होगा एक महत्वपूर्ण कदम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पखवाड़े भर के स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उदेश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जुटाना और स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है ताकि बापू के स्वच्छ भारत का स्वपन पूरा किया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं सवा सौ करोड़ देशवासी स्वच्छता ही सेवा के संकत्य को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं आज से लेकर दो अक्टूबर यानी प्रज्य बापू की जयंती तक देशमर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ नए जोश के साथ अपने देश को अपने भारत को सच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे अपना योगदान देंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत तिब्वत सीमा पुलिस के जवानों स्कूली बच्चों दुग्ध और कृषि सहकारी समितियों सदगुरू जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर माता अमृतानंदमयी पटना साहेब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह अजमेर दरगाह के जरार चिश्ती अभिनेता अभिताभ बच्चन उद्योगपति रतन टाटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वेच्छाग्रहियों तथा लोगों से बातवीत की श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता को आदत बनाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पहले शुरू किया गया स्वच्छता आंदोलन अब चरम पर है

लगभग साढ़े चार लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे

ये भारत भारतवासियों की आप सब स्वच्छाग्राहियों की ताकत है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार कचरे से आमदनी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए गंमीरता से उपाय कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सवा सौ करोड़ भारतीयों के इस स्वच्छता अभियान को पूरा विश्व उत्सुकता से देख रहा है उन्होंने कहा कि जनसहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सका है हमें देश के हर कोने में सफाई का यह स्वभाव हर महीने हर वर्ष मनाते रहना होगा चार वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ स्वच्छता का आन्दोलन अब एक महत्वापूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फतेहपुर जिले के हसनपुर सानी गांव में सच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता अभियान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेस लाइन सर्वे के अनुरूप दो अक्टूबर दो हजार अट्ठारह तक समूचे प्रदेश को हम पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफल हो जायेंगे

आपके योग्य मार्ग दर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आन्दोलन का रूप दिया

डस अमियान में राज्य के विमिन जिलों में केन्द्र और प्रदेश के कई मंत्रियों और सांसदों ने भी प्रतिमाग किया बरेली जिले के नवाबगंज और रिठौरा में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने स्वच्छता अभियान चलाया इस पहल की सराहना करते हए श्री गंगवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों से इसमें बढ चढ कर हिस्सा लेने का आहवान किया शाहजहापुर जिले के रोजा में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णाराज ने मंडी परिसर में झाड़ लगाकर श्रमदान किया इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री के इस डीम प्रोजेक्ट को मर्त रूप देने के लिए जन जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए आगरा में राष्ट्रीय अनुसचित जाति आयोग के अव्यक्ष और स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया ने ताजमहल के पश्विमी गेट पर सफाई की तथा लोगों से इस अभियान में सक्रियता से प्रतिभाग करने की अपील की बस्ती जिले में महिला महाविद्यालय से सफाई अभियान की शुरूआत सांसद हरीश द्विवेदी ने किया उन्होंने कहा कि माननीय प्रघानमंत्री जी दो हजार चौदह से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ बनाने के लिए और देश में गदगी के कारण जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती थीं

बाद में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में अर्थव्यवस्था से संबंधित मानदंडों और इस वर्ष के वहद आर्थिक आंकडों पर संतोष व्यक्त किया श्री जेटली ने कहा कि सरकार वित्तीय घाटा तीन दशमलव तीन प्रतिशत तक बनाए रखने के प्रति आश्क्त है श्री जेटली ने कहा कि सरकार को यह भी भरोसा है कि इस वर्ष के शुरू में बजट में व्यक्त किए गए अनुमान से अधिक वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी उन्होंने कहा कि मुद्रास्कीति लगभग काव में है जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी राज्यपाल राम नार्डक ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हए उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए लेकिन यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और समी को अदालत के निर्णय का इतजार व सम्मान करना चाहिए समारोह में राज्यपाल ने छह सौ चौहत्तर छात्र छात्राओं को उपाधियां और नवासी मेघावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किये

उप मख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि सौ से अधिक की आबादी के राजस्व गांव तथा अन्तर्देशीय और अंतर्राज्यीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम प्रगति पर है श्री मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ग्राम सड़क योजना के तहत लोक निर्माण विमाग ने ढाई सौ से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े एक सौ पचपन गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्यारह सौ करोड से अधिक की स्वीकृतियां जारी करते हए उन गांवों में सडक निर्माण का काम शुरू कर दिया है उन्होंने वताया कि प्रदेश में पहली बार हाईस्कल और इंटरमीडिएट के मेघावी विद्यार्थियों के निवास स्थल के मार्ग का निर्माण और मरम्मत कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है